बिहार में आईजीआईएमएस पटना से होगी टीकाकरण अभियान की शुरूआत

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोविड उन्नीस के टीके लगाए जाएंगे सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तीन हजार से अधिक टीका केन्द्र इस वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे अभियान के पहले दिन प्रत्येक केन्द्र पर करीब सौ लाभार्थियों को टीके दिए जाएंगे पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने को विन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया है जिसका इस्तेमाल इस अभियान में किया जाएगा इसके जरिए वैक्सीन स्टॉक भंडारण तापमान और कोविड उन्नीस वैक्सीन के लिए लाभार्थियों की सूची आदि जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी यह डिजिटल प्लेटफार्म टीके लगाए जाने के समय सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा कोविड उन्नीस महामारी टीकाकरण अभियान और को विन सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों का उत्तर प्राप्त करने के लिए चौबीस घंटे सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन एक शून्य सात पांच भी जारी की गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि टीकाकरण अभियान में सरकारी और निजी क्षेत्र सभी का सहयोग लिया गया है

कोविड का टीका प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं जिनकी संख्या लगभग तीन करोड है

देश में ही निर्मित दो टीके कोविडशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और इनकी इमोनोजिनिसिटी रिकॉर्ड भी स्थापित हैं

कोविडशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से समी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पहले ही भेज दी गई है इसके बाद राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर इनकी खेप पहुंचायी गई जन भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए लगाए जाने वाला टीके के खर्च केन्द्र सरकार वहन किया जाएगा आनन्द कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली राज्यभर के तीन सौ केन्द्रों पर आज से कोविड उन्नीस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत होगी सबसे पहले सफाईकर्मियों और एंबुलेंस स्टाफ को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में टीके लगाए जाएंगे पहला टीका आज आईजीआईएमएस संस्थान के सफाईकर्मी राम बाबू को लगाया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे राज्य में आज तीस हजार लोगों को टीका दिया जाएगा राज्य के विभिन्न भागों में पचास केन्द्रों पर टीकाकरण प्रक्रिया का वेबकास्टिंग किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में चार लाख पैंसठ हजार एक सौ साठ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने आश्वस्त किया कि टीकाकरण अभियान में दिये जाने वाले दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं बाईट दोनों टीके बहुत सोच विचार के हमारे देश के एक्सपर्टस ने और रेगुलेटर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के रूप में उनको जारी किया है इन दोनों को इमरजेंसी प्रावधान में लिया गया है यह वैसे ही जैसे कि बाहर के देशों में फाइजर का टीका है या मॉडर्ना का है वो भी इमरजेंसी प्रावधान के अन्दर किया गया है उनके भी फेस थ्री अभी चल रहे हैं पूरे नहीं हुए हैं तो इस असाधारण सिच्युवेशन से जूझने के लिए महामारी को खत्म करने के लिए जो रेगुलेशन है वो अडैप्ट की जाती है साइंस को अडैप्ट किया गया और दुनियाभर ने किया है कि क्या फायदा जो है वो इतना बड़ा है और नुकसान है ही नहीं तो क्यों नहीं इस वैक्सीन को जारी किया जाए वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव नौ प्रतिशत हो गई है एक दिन में तीन सौ इकहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बावन हजार आठ सौ अठावन हो गई है वहीं इसी अवधि में तीन सौ छियालीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख अंठावन हजार दो सौ नवासी हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ उनचास हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार नौ सौ इक्यासी है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पटना सहित पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है बर्फीली हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव आठ डिग्र सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि बीस जनवरी तक भीषण ठंड से राहत के आसार नहीं है राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है इधर घने कोहरे के कारण राज्य में रेल और हवाई सेवा प्रभावित हुई है पूर्व मध्य रेल ने ई वाहनों को चार्ज करने के लिए पटना और पाटलिपुत्र स्टेशन पर रेलवे का पहला चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया रेलवे की ओर से इलेक्ट्रिक ई क्रांति की दिशा में ये नई पहल है पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि यह चार्जिंग स्टेशन पटना और पाटलिपुत्र आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयोगी होगा साथ ही प्रि पेड ई टैक्सी ई रिक्शा चालक भी इससे काफी लाभान्वित होंगे ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यहां से रिचार्ज कराया जा सकता है रिचार्ज के लिए शुल्क देय रहेगा बिहार प्रलिस अवर सेवा आयोग ने प्रलिस सब इंस्पेक्टर सार्जेंट सहायक अधीक्षक कारा सहित अन्य पदों के लिए ली गयी मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है लगभग ढ़ाई हजार दारोगा और अन्य समकक्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए पन्द्रह हजार दो सौ इकतीस अभ्यर्थियों को सफलता मिली है आयोग के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को मार्च से अप्रैल के बीच शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा अगले चरण में इन सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडरों को भी बहाल करने का निर्णय किया है दारोगा और सिपाही की सीधी नियुक्ति में इनके लिए पद आरक्षित होंगे इसके लिए इन सभी को लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी इसे लेकर गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्ष समिति आज इंटर की वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाईट पर इकतीस जनवरी तक अपलोड रहेगा इसके आधार पर विद्यार्थी एक फरवरी से तेईस फरवरी तक आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे इधर जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छठे वर्ग में नामांकन के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जायेगा जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में तीन हजार पांच सौ छियासठ पदों की अधिसूचना जारी की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये पद बहुत छोटे कद के बौनों एसिड हमला पीड़ितों मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी मंदबुद्धि बौद्धिक दिव्यांगता विशेष शिक्षण दिव्यांगता मानसिक रूग्णता और एक से अधिक अक्षमताओं से पीड़ितों के लिए रखे गए हैं केंद्रीय मंत्रालय विभाग स्वायत निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें कुछ अन्य श्रेणियां भी जोड़ सकते हैं पटना में आज से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय अट्ठाईसवीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है राज्य समन्वयक शंकर कुमार ने बताया कि इस बार जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बाल विज्ञान कांग्रेस पूर्णतः डिजिटल प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया है इस आयोजन में बाईस जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं बिहार विधानसभा चूनाव में पटना जिला प्रशासन की ओर से बनवाये गये सबसे बड़े मास्क को इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है

पटना में आज वाणिज्य कर विभाग की ओर से विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है बिहार कराधान विवाद समाधान योजना दो हजार बीस के तहत आवेदक एक बार में अपने विवाद का समाधान करा सकेंगे इसके तहत सभी प्रकार का जुर्माना और ब्याज के बकाया में नब्बे प्रतिशत छूट का लाभ भी दिया जायेगा राज्य के अस्सी हजार सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा पंचायती राज विभाग की ओर से सर्वे का कार्य किया जा रहा है विभाग की ओर से हर कुएं के जीर्णोद्धार के बाद सोखता का भी निर्माण किया जायेगा मुजफ्फरपुर में चोरी की गाड़ियों का अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग की ओर से जमुई में तीन दिवसीय प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया जा रहा है जमुई के नागी पक्षी आश्रयणी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे चेन्नई में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी ट्वेंटी टूर्नामेंट में बिहार ने मेघालय को छह विकेट से पराजित कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है मेघालय की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुये बीस ओवर में नौ विकेट पर नवासी रन बनाये बिहार ने चार विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया इस जीत के साथ ग्रुप तालिका में बिहार की टीम बारह अंकों के साथ शीर्ष है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम देशभर में तीन हजार छह केन्द्रों पर तैयारियां पूरी अखबार लिखता है कोरोना के अंत का आरंभ आज से दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश के तीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों का होगा टीकाकरण दैनिक भास्कर का शीर्षक है हाई कोर्ट की सलाह पर निचली अदालतों के अफसरों के आचरण की नियमावली जारी दस हजार रूपये से अधिक का गिफ्ट लेने पर न्यायिक अधिकारियों को देनी होगी हाई कोर्ट को जानकारी प्रभात खबर ने ठंड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बीस तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

बिहार में आईजीआईएमएस पटना से होगी टीकाकरण अभियान की शुरूआत